इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो के साथ बैठक में दोनों देशों ने अगले छः वर्षो के दौरान आपसी व्यापार पचास अरब डालर करने का लक्ष्य निर्घारित किया उन्हेंने श्री विदोदो के साथ रक्षा समुद्री सहयोग और अंतरिक्ष में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की और हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में अपने विचार साझा किए तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयव एर्दोगान के साथ चर्चा में नरेंद्र मोदी ने व्यापार और निवेश के साथ रक्षा आतंकवाद के विरूद्व संघर्ष सूचना प्रौद्योगिकी और नागर विमानन क्षेत्र में भी सहयोग बढाने पर चर्चा की प्रधानमंत्री ने आज ही ब्राजील सिंगापुर और चिली के राष्ट्रपतियों और आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर व्यापार और निवेश बढ़ाने पर विचार विमर्श किया

इस गठजोड़ की परिकल्पना प्रधानमंत्री ने ही की है

गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बलों को मजबूत बनाने तथा उनके उन्नयन के लिए केंद्र पूरी सहायता उपलब्ध कराएगा एनडीआरएफ से उन्होंने आज कहा कि वह अगले पांच वर्ष में अपने उपकरणों को उन्नत और स्वदेशी बनाने के लिए रक्षा अनुसंघान और विकास संगठन के साथ सहयोग करे अमित शाह ने कहा कि देश में ही विकसित उपकरण जरूरी है ताकि भारत आपदा मोचन के क्षेत्र में अग्रणी बन सके गृह मंत्री राज्य आपदा मोचन बलों की क्षमता बढ़ाने के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे नई दिल्ली में इस सम्मेलन में होमगार्ड सिविल डिफेंस और अग्निशमन सेवाएं विभाग परामर्श कर रहे है अमित शाह ने कहा कि एनडीआरएफ को आपदा मोचन के क्षेत्र में विशेषज्ञता बढ़ानी चाहिए क्योंकि भारत प्राकृतिक आपदाओं की आशंका वाला देश है उन्होंने कहा कि आपदा मोचन बल के पास विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी और उपकरण होने चाहिए गृह मंत्री ने वर्षमर अच्छा काम करने के लिए एनडीआरएफ की सराहना की प्रदेश सरकार ने सत्रह अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने का निर्देश जारी किया है आधिकारिक सुत्रों के हवाले से एक समाचार एजेंसी ने बताया है कि यह निर्देश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है जिसमें उसने अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने को कहा था राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को इन जातियों के परिवारों को प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्देश भी जारी कर दिया है जिन अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है वह हैं कंहार कश्यप केवट मल्लाह निषाद कुम्हार प्रजापति धीवर विंद भर धीमर राजभर बाथम तुरहा गोड़िया माझी मछ्आरा

इस वर्ष के साथ्यिकी दिवस का विषय है सतत विकास लक्ष्य आज नई दिल्ली में तेरहवें सांख्यिकी दिवस पर श्री राव ने सांख्यिकीविदों और डेटा संग्राहकों से अपील की कि ये सरकार और देश के उपयोग के लिए भरोसेमंद डेटा सामने रखें फांसी देने और प्रताड़ना में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का व्यापार समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश प्रस्ताव पर हुए मतदान में भारत शामिल नहीं हुआ भारत का कहना है कि प्रताड़ना को मौत की सज़ा के साथ रखा जाना स्वीकार्य नहीं है महासभा में कल यह प्रस्ताव पारित हो गया भारत ने कहा कि प्रस्ताव में फांसी की सजा को शामिल किया जाना यह आशंका पैदा करता है कि इसे प्रताड़ना की श्रेणी में रखा जा सकता है भारत ने जोर देकर कहा कि वह उत्पीड़न या ऐसी किसी भी सजा के खिलाफ है लेकिन फांसी की सजा कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही दी जाती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के तहत देश और विदेश में बसे भारतीयों से अपने विचार साझा करेंगे नरेन्द्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मन की बात का यह पहला संस्करण होगा प्रदेश सरकार किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जुलाई माह में एक अभियान चलायेगी प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज लखनऊ में बताया कि एक से इकतीस जुलाई के बीच चलने वाला यह अभियान बैंकों कृषि विभाग और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जायेगा